प्रदेश में कल और परसो रहेगा दशहरा का अवकाश आज ध्रमधाम से मनाया जा रहा है महाष्टमी का पर्व देवी महागौरी की प्रजा अर्चना के साथ किये जा रहे हैं कन्याभोज और भण्डारे

आयोग का कहना है कि चुनाव कराना उसका अधिकार है और उच्च न्यायालय का आदेश उसके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप है इससे चुनाव प्रकिया बाधित हो रही है

न्यायालय ने ऑनलाईन सभाओं करने पर जोर देते हए कहा है कि जहां ऑनलाईन सभा संभव न हो वहां लोगों की सीधी उपस्थिति वाली सभाओं के लिए कोरोना गाईडलाइन का पूरी तरह पालन किया जाये इस आदेश को भारतीय जनता पार्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है पार्टी का कहना है कि प्रदेश के केवल एक हिस्से में इस तरह का आदेश उचित नहीं हैं

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के साथ ही आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट कॉम तथा न्यूज ऑन ए आई आर मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित होगा मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चौनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा

मुख्यमंत्री बधाई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को महाअष्टमी नवमीं और विजयादशमी की बधाई देते हुए उनकी खूशहाली की कामना की हैं

यह पूर्व घोषित रविवार के अवकाश के अतिरिक्त रहेगा

निगम आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल ने कहा कि इन कर्मियों के षहर की स्वच्छता के लिए समर्पण के प्रति आभार प्रकट करने के लिए यह सम्मान समारोह आयोजित किया गया था लोक अदालत मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खण्डपीठ में कल ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया गया

महाष्टमी नौ दिनों से चल रहे शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रि का आज आठवां दिन है महाअष्टमी के इस पर्व पर जगह जगह देवी महागौरी की पूजा आराधना की जा रही है

कोरोना से बचाव के निर्देशों का पालन करते हए मंदिरों और झॉकीस्थलों पर भी महागौरी की पूजाहो रही है नौ दिनों तक व्रत उपवास रखने वाले कई श्रद्वालू आज कन्याभोज के बाद व्रत खोलेंगे आईपीएल आईपीएल क्रिकेट में आज दो मैच खेले जाएंगे पहला मैच आबुधावी में कोलकाता नाईट राईडर्स और डेल्ही कैपिटल्स के बीच दोपहर बाद साढे तीन बजे से खेला जाएगा दूसरा मुकाबला किंग्स इलेवन पंजाब और सन राईजर्स हैदराबाद के बीच दुबई में शाम साढ़े सात बजे से होगा

मौसम प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रात के तापमान में गिरावट आने लगी है और ठण्ड बढने लगी है पिछले चौबीस घण्टों के दौरान राजधानी भोपाल में रात के तापमान में करीब दो डिग्री सेल्सियस से अधिक की गिरावट दर्ज की गई अगले हफ्तें में उत्तर से आने वाली हवाओं के बाद दिन और रात में तेज सर्दी पडने के आसार बनने लगेगें मौसम विभाग ने आज बुरहानपुर खरगौर बडवानी अलीराजपुर धार और उज्जैन में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई हैं समाचार संक्षेप में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मुरैना जिले के अंबाह और ग्वालियर के कोटेश्वर मैदान में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे

गुना जिल के बामोरी विधानसभा क्षेत्र में मतदाता जागरूकता के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं